शिक्षा विभाग ने कल सभी शिक्षकों को स्कूल में उपस्थित रहने का दिया निर्देश

लखीसराय जिले में पूलिस ने दो कट़टर नक्सलियों को गिरफ्तार किया

सबसे अधिक नौ सेंटीमीटर बारिश सीतामढ़ी के ढेंगब्रिज में रिकार्ड देश भर के छह हजार से अधिक रेलवे स्टेशनों को इस महीने के आखिर तक वाई फाई सुविधा से जोड़ दिया जायेगा लोग अब निःशुल्क वाई फाई सुविधा का लाभ उठाते हुए नेट सर्फिंग कर सकते हैं वीडियो देख सकते हैं और ऑन लाइन कार्यालय का काम कर सकते हैं रेलवे की सहयोगी कंपनी रेल टेल ने यात्रियों के लिए तेज गति वाली वाई फाई सुविधा उपलब्ध कराई है आकाशवाणी से बातचीत में रेल टेल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पुनीत चावला ने कहा कि अभी तक यह सुविधा चार हजार स्टेशनों पर है उन्होंने कहा कि पांच लाख लोग निःशुल्क वाई फाई सुविधा का लाभ उठा रहे हैं रेलवे मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप यात्रियों के लिए निःशुल्क वाई फाई सुविधा की शुरूआत की है राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों को कल खुला रखने और अनिवार्य रूप से शिक्षक दिवस मनाने का आदेश जारी किया है सभी प्राथमिक मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से आदेश जारी कर कहा गया है कि जो शिक्षक उपस्थित नहीं होंगे उन्हें अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित माना जायेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को घूम घूम कर औचक निरीक्षण करने को कहा गया है गौरतलब है कि कल नियोजित शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन की घोषणा की है लखीसराय जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पीरी बाजार थाना क्षेत्र से दो कट्टर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है पुलिस गिरफ्तार किये गये नक्सलियों दिलीप मंडल और संजय पाल से पूछताछ कर रही है गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बसकटवा जंगल इलाके में कोबरा बटालियन और पुलिस द्वारा की गयी संयुक्त कार्रवाई में नक्सलियों के ठिकानों से कई हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गयी है पुलिस सूत्रों ने बताया कि नक्सली संजय मांझी और मुन्नी यादव के घर की गयी छापेमारी में तीन रायफल एक देशी बंदूक एक केन बम और दो डेटोनेटर बरामद किये गये हैं पुलिस की कार्रवाई की सूचना पाकर दोनों नक्सली फरार हो गये सीतामढ़ी मंडल कारा से बीस कैदियों को भागलपुर केन्द्रीय जेल स्थानांतरित किया गया है कुख्यात अपराधी पिंटू तिवारी द्वारा जेल में जन्मदिन मनाये जाने का वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गयी है गौरतलब है कि इसी मामले में कल जेल महानिरीक्षक ने जेल अधीक्षक मिथिलेश कुमार और सात अन्य सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया था राज्य के गृह विभाग ने अपराध नियंत्रण में कोताही बरतने के मामले में राज्य के तीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों और एक पुलिस उपाधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है प्राप्त जानकारी के अनुसार आरा सदर के एसडीपीओ पंकज कुमार नवादा सदर के विजय कुमार झा और हाजीपुर सदर के तत्कालीन एसडीपीओ महेन्द्र कुमार वैश्यंत्री और पुलिस उपाधीक्षक विजेन्द्र कुमार शाही से पंद्रह दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर प्रखंड के मानिक चौक उत्तरी पंचायत की मुखिया किरण गुप्ता के चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दिया है नागरिकता विवाद के कारण मुखिया के खिलाफ यह कार्रवाई की गयी है किरण गुप्ता पर मुखिया पद पर निर्वाचित होने के बाद भी नेपाल की नागरिकता रखने का आरोप है पटना और आरा के बीच स्थित कोइलवर पुल को मरम्मत कार्य के कारण आठ सितम्बर और पन्द्रह सितम्बर को बंद रखा जायेगा दानापुर के एसडीओ अंशुल कुमार ने बताया कि इन तिथियों पर कोइलवर पुल के दोनों लेन एक साथ बंद करने की मंजूरी मिल गयी है उन्होंने बताया कि सात सितम्बर की रात बारह बजे पुल पर परिचालन रोक दिया जायेगा प्रशासन ने लोगों से इस दौरान वैकल्पिक मार्गो का इस्तेमाल करने की अपील की है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल अपने अपने पदों पर बने रहेंगे प्राप्त जानकारी के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश नेतृत्व में कोई फेरबदल नहीं किया है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश रिकार्ड की गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक नौ सेंटीमीटर बारिश सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज में वहीं हुसैनगंज में पांच सेंटीमीटर जबकि बिहारशरीफ महाराजगंज चनपटिया दरौली लखीसराय जमुई शेरघाटी बिहपुर और झाझा में दो दो सेंटीमीटर बारिश हुई है ठाकुरगंज बलतारा नवादा देव मुंगेर और हथुआ में कुछ स्थानों पर एक सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गयी इधर राज्य के कई जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है पटना का अधिकतम तापमान चौंतीस डिग्री जबकि भागलपुर का पैंतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया गया का अधिकतम तापमान बत्तीस डिग्री और पूर्णियां का तैंतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रहा अगले चौबीस घंटे के पूर्वानुमान में पटना गया भागलपुर और पूर्णियां में बादल छाये रहने की संभावना है इस दौरान गरज के साथ बारिश भी हो सकती है उत्तर मध्य रेलवे के कानपुर और नई दिल्ली के बीच टुंडला स्टेशन पर निर्माण कार्य की वजह से इस रेल खंड से गुजरने वाली कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है राजेन्द्र नगर अजमेर मुजफ्फरपुर अहमदाबाद मालदा नई दिल्ली और सीतामढ़ी आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन समेत कई ट्रेनों के परिचालन पर प्रभाव पड़ेगा इधर पूर्व रेलवे के देवीपुर और रसूलपुर स्टेशनों के बीच बंडेल वर्धमान रेलखंड पर तीसरी रेल लाईन पर तकनीकी कार्य के कारण पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का परिचालन सोलह से उन्नीस सितम्बर तक रदद रहेगा प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान हावड़ा रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस और हावड़ा मोकामा पैंसेजर का परिचालन रद्द रहेगा वहीं आज से उन्नीस सितम्बर तक राजगीर हावड़ा पैंसेजर गाड़ी का परिचालन रदृद कर दिया गया है राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिये इलेक्ट्रीक वाहनों को प्रोत्साहित किया जायेगा परिवहन मंत्री संतोष निराला ने आज संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राजधानी पटना में सीएनजी ईंधन से चलने वाली गाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि अभी पटना में दो सीएनजी स्टेशन कार्यरत है जिनकी संख्या बढ़ायी जायेगी उन्होंने कहा कि सीएनजी पेट्रोल के मुकाबले सस्ता ईंधन है जिसे राज्य सरकार बढ़ावा दे रही है आईसीआईसीआई बैंक की ओर से मूख्यमंत्री राहत कोष में पांच करोड़ रूपये का चेक सौंपा गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहत कोष में अंशदान करने के लिये बैंक को धन्यवाद दिया है समस्तीपुर जिले में भाजपा द्वारा चौदह से बीस सितम्बर तक सेवा सप्ताह अभियान चलाया जायेगा इस दौरान विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाये जायेंगे पार्टी के महासचिव नागेन्द्र जी ने बताया कि इसके अलावा गरीबों और दिव्यांगजनों की सेवा के लिये कई कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये आयोजन किये जायेंगे मूजफ्फरपूर जिले में अंडर फोरटीन अंडर सेंवेटीन और अंडर नाइनटिन बालक बालिकाओं की तीन दिवसीय जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता की आज से शुरूआत हो गयी इस प्रतियोगिता का आयोजन कला संस्कृति और यूवा विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है पश्चिम चंपारण जिले में चौतरवा थाना क्षेत्र से पिछले दिनों एक फाइनेंस कंपनी से लूट के मामले में पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटे गये मोबाईल फोन और टैबलेट बरामद किये हैं पुलिस ने अपराधियों के पास से देशी बंद्रक और कारतूस भी बरामद किया है कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र में लालकोठी मुहल्ले में एक वाहन से कुचलकर पांच बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गये घायलों का इलाज कटिहार सदर अस्पताल और कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है चिकित्सकों के अनुसार दो बच्चों की स्थिति गंभीर बतायी जाती है इस मामले में आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है शिवहर जिले की एक विशेष अदालत ने शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में एक व्यक्ति पर पचास हजार रूपये का जुर्माना लगाया है आरोपी को दो साल पहले जिले के जयरामपुर थाना क्षेत्र से शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया था

शिक्षा विभाग ने कल सभी शिक्षकों को स्कूल में उपस्थित रहने का दिया निर्देश

लखीसराय जिले में पूलिस ने दो कटटर नक्सलियों को गिरफ्तार किया

सबसे अधिक नौ सेंटीमीटर बारिश सीतामढ़ी के ढेंगब्रिज में रिकार्ड